इसके तहत रात्रि सात बजे से सुबह छ बजे तक महिलांए अपना रोज़गार कर सकेगी इसके साथ ही नियोक्ता का निर्देश दिए गए है वे महिला श्रमिकों को कार्य के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं यातायात के साधन उपलब्ध करवायें इसके अंतर्गत चार सौ उन्नतालीस व्यवसायिक संस्थाएं तथा ब्यानवे हजार आठ सौ अट्टारह महिला श्रमिक लाभान्वित हई है

सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन करके श्रमिकों का वेतना अब सीधा उनके बैंक खातों में जमा करवाने के निर्देश दिए है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे केन्द्रीय अंतरिक्ष डॉ जितेन्द्र सिंह ने आज कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पहली बार किसी भारतीय अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है नई दिल्ली में मीडिया को स्म्बोधित करते हए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष वाहन कार्यक्रम गगनयान की घोषणा की थी

उन्होंने कहा कि इस समय देश का मौसम प्र्वान्मान सौ फीसदी सही क्योंकि रेडार तथा सेटेलाईट की सूचना का मिला दिया गया है

उन्होंने कहा कि गगनयान की यात्रा के दौरान तीन अंतरिक्ष यात्री सात दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे अगले छसे आठ महीनों में छ हजार रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई लगाने की योजना बना रहा है रेलमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित स्मार्टरेलवे सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान में रेलवे पूरे देश में सात सौ से ज्यादा स्टेशनों पर फ्री वाई फाई की स्विधा उपलब्ध करवा रहा है मंत्री ने कहा कि एक ओर जहां सरकार देश के द्र दराज के इलाकों में फाईबर ओपटिक्स लाइने बिछा रही है वहीं रेलवे भी अपने पूरे नेटवर्क को तकनीक से जोड़ने के लिए काम कर रहा है

उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट रेलवे तथा स्मार्ट राष्ट्र के निर्माण को स्निश्चित करने के लिए प्रतिबद्व है ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक का भविष्य अच्छा हो सके हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा श्रम विभाग द्वारा सेक्टर एक स्थित रेड बिशप में आयोजित अंत्योदय मेला में म्ख्यातिथि के रूप में शिरकत की

इस अवसर पर श्रममंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र ने जब कार्यभार संभाला था तब दिल्ली में सेंटर हॉल में बोलते हए कहा था कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है और हमारी सोच अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ पहंचाना है सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए स्कीमें लागू की हई हैं म्ख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मजद्र महिलाओं को सिलाई मशीनें उपलब्ध करवाई जाएं क्योंकि जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता तो वे उस समय खाली रहती हैं और ऐसी स्थिति में वे स्वयं का कार्य कर सकती है

इसके अलावा उपाय्क्त ने गांव में पार्क एवं व्यायामशाला का लोकार्पण भी किया

उपायुक्त सिरसा जिला की ऐलनाबाद तहसील के गांव मैहनाखेड़ा में रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत ख्ले दरबार में लोगों की समस्याएं स्न रहे थे

इसके बाद उन्हें बाल स्धार गृह हिसार भेज दिया गया है ग्रूकल भैयाप्र लाढौत में गत रविवार को यौन शोषण का मामला सामने आया था गुरूकुल के पांचवीं से सातवीं कक्षा के छात्रों का सीनियर छात्रों ने यौन शोषण किया था यह मामला तब सामने आया था जब रक्षाबंधन के अवसर पर परिजन बच्चों से मिलने के लिए पहंचे थे इसके बाद एक पीडि़त बच्चे की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी छात्रों व ग्रूकृल प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हआ था

मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण से इंकार नहीं किया जा सकता इसके बाद पीडि़त बच्चों को परिजनों के हवाले कर दिया गया है उन्होंने कहा कि गुरूक्ल के और बच्चों के बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे

पुरूषों के पूल बी में स्क्वैश मुकाबले में भारत के कतर को दो एक से हराया भारत की अपने ग्रुप में यह तीसरी जीत है बैडमिंटल खिलाडी पी वी सिंधू इतिहास रचते हए एशियाड में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला बनी सिंध् से पहले भारत ने दो अन्य रजत पदक तीर अंदाजी में जीते भारतीय प्रूषों की टेबल टेनिस की टीम को सेमीफाइनल में साउथ कोरिया की टीम से हारने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा

एक टवीट में श्री कोविंद ने सिंधू और साईना की उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हए कहा कि इसे सालो तक याद रखा जायेगा उन्होंने कहा कि दोनो खिलाडियों ने देश के लिए व्ख्याति अर्जित करने के साथ लाखों के लिए प्ररेणा स्त्रोत है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी जकार्ता में एशियाई खेलों में रजत पदक जीने पर पी वी सिंध् को बधाई दी है श्री मोदी ने कहा क उनकी उपलब्धि से सवा सौ करोड भारतीय ख्श व गौरनिवत हुए है उन्होंने कहा कि पी वी सिंधू भारत के सबसे प्रतिभावान व प्ररेणादायक एथलिटों में एक है श्री मोदी ने रजज पदक जीतने पर महिला तीजअदाज़ टीम को भी बधाईदी उन्होंने कहा कि यह सफलता कड़ी मेहनत लगनअमन तथा सामूहिक प्रयासों का नतीजा है प्रधानमंत्री ने अन्य खिलाड़ियों अभिषेक अमन और रजत को भी रजत पदक जीतने पर बधाई दी प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि खिलाड़ी आने वाले समय में भी देश को गौरन्वित करने करने वाले भूमिका निभाते रहेंगे प्रधानमंत्री पुरूषों के टेबल टेनिस टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी